मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में करेंगे स्थिति की समीक्षा

लू को देखते हुए औरंगाबाद अरवल मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू केन्द्र सरकार ने बिहार में दिमागी बुखार की स्थिति को देखते हुए एक और उच्चस्तरीय दल भेजने का फैसला किया है यह दल मुजफ्फरपुर में अत्याधुनिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए जरूरी जमीनी कार्रवाई आरंभ करेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में दिमागी बुखार की स्थिति की समीक्षा की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अनुसंधान दल अन्य तथ्यों के अलावा इस बीमारी से जुड़े विभिन्न पक्षों पर्यावरणीय कारक और मौसम से जुड़े आंकड़ों की जांच करेगा डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में पांच विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेंगे श्री कुमार एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल का दौरा करेंगे जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं मुख्यमंत्री का स्थानीय चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का कार्यक्रम है इधर मुख्यमंत्री ने कल पटना में इंसेफ्लाइटिस को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की श्री कुमार ने दिमागी बुखार से प्रभावित गांवों में शौचालयों और पेयजल उपलब्धता का कवरेज शत प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा है इस बैठक में ए ई एस से प्रभावित बच्चों के परिवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि कुपोषण और स्वच्छता के पहलुओं के अध्ययन और समस्याओं के समाधान सुझाने के लिए एक विशेष टीम गठित करने का फैसला किया गया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 मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस प्रभावित बच्चों का निःशुल्क इलाज होगा साथ ही निजी अस्पतालों में हो रहे इलाज पर खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी वहीं दिमागी बुखार से पीड़ित मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिये एम्बुलेंस और वाहन के खर्च का भी भुगतान किया जायेगा इधर प्रदेश भर में अब तक एक सौ उनतीस बच्चों की दिमागी बुखार के कारण मौत हो चुकी है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में दिमागी ब्रखार से मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गयी है इन दोनों अस्पतालों में डेढ़ सौ से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है वहीं पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले में इस बीमारी से पच्चीस बच्चों की मृत्यु हुई है पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत पर शोध शुरू होगा संस्थान के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि इसके लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है ये टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बीमारी के सही कारणों का पता लगायेगी पटना सारण भोजपुर पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी किशनगंज और पूर्णिया के कई हिस्सों में देर रात हुई बारिश और तेज हवा के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है सुपौल अररिया मध्रबनी और सीतामढ़ी तथा आस पास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी वहीं दूसरी तरफ विभाग ने आज पटना गया औरंगाबाद जहानाबाद रोहतास नवादा नालंदा सारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि बीस जून तक इन इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी प्रचंड गर्मी और लू के कारण मरने वालों की संख्या एक सौ एक हो गई है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में गया में सबसे अधिक ग्यारह औरंगबाद में तीन जमुई में दो और नवादा में एक व्यक्ति की मौत हुई है औरंगाबाद गया नवादा रोहतास और पटना लू से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं

लू के प्रकोप को देखते हुए गया औरंगाबाद अरवल मध्रबनी सीतामढ़ी और दरभंगा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है इसके तहत सुबह ग्यारह बजे से शाम चार बजे तक लोगों को ध्रप में एकत्रित नहीं होने का आदेश दिया गया है इस अवधि में सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य के लिए मजदूर धूप में काम नहीं करेंगे साथ ही किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम या सभा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा वहीं राज्य के शेष हिस्सों में भी तेईस जून तक सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक दुकान बंद रखने और मनरेगा समेत सरकारी और निजी निर्माण कार्यो पर रोक रहेगी सुबह छह बजे से ग्यारह बजे तक और शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक जरूरत के मुताबिक काम लिया जा सकता है इसके एवज में मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों को तेईस जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये गये बैठक में मुख्यमंत्री ने सूखा और लू प्रभावित इलाकों में वाटर टैंकरों की संख्या बढ़ाने और बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने लू प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पचास प्रतिशत बेड हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है कल गया में लू प्रभावित मरीजों की इलाज की समीक्षा के दौरान श्री पांडेय ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए हर जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही की शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता जे पी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया श्री नड्डा भाजपा सदस्यता अभियान और संगठन के चुनावों के संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जायेगा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई प्ररा करने का निर्देश दिया है राज्य क जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा से मुलाकात के बाद श्री शेखाावत ने बताया कि इस परियोजना पर चार हजार नौ सौ नब्बे करोड़ रूपये की लागत आयेगी सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज बिस्कोमान कृषक केन्द्र के निलंबित प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ सरकारी राशि का गबन करने और धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है आरोपी पर तीन करोड़ बारह लाख रूपये से अधिक की राशि गबन करने का आरोप है

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम ने सहरसा स्थित एक दंत चिकित्सक से पूछताछ की है आज के सभी समाचार पत्रों ने लू और इंसेफ्लाइटिस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लू की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार लिखता है दोपहर में बाजार बंद रहेंगे तेईस तक शिक्षण संस्थान दैनिक जागरण की सुर्खी है तीसरे दिन भी प्रदेश में लू ने लील ली छियासठ जिंदगी दैनिक भास्कर ने लिखा है मुजफ्फरपुर में बुखार से दो हफ्तों में एक सौ उनतालीस बच्चों की मौत एक सौ इक्यावन भर्ती डॉक्टरों को न बीमारी और न ही दवा का पता प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है विपक्ष का हर शब्द मेरे लिए मूल्यावन आज की सुर्खी है सृजन घोटालें में पांच के खिलाफ आरोप पत्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में करेंगे स्थिति की समीक्षा

लू को देखते हुए औरंगाबाद अरवल मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में निषंधाज्ञा लागू